उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मौजूदा मंत्री सांसद विधायक नगर निगम के महापौर निगमों के अध्यक्ष ज़िला परिषद् या पंचायत संघ के सदस्य किसी भी मतगणना एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे संदीप कुमार ने बताया कि विशिष्ठ व्यक्तिों की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है

मतगणना कर्मियों के लिए आज केलंग में पूर्वाभ्यास भी करवाया गया सहायक रिटर्निंग अधिकारी अमर नेगी ने कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए

उधर मंडी में भी मतगणना को लेकर कर्मियों को जरूरी टिप्स दिए गए ज़िला निर्वाचन अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने मतगणना कर्मियों से कार्य में कोई भी कोताही न बरतने को कहा

सहायक निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि सभी मतगणना टेबल पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के एंजेटों के बैठने की भी व्यवस्था रहेगी उन्होंने गणना अधिकारियों से चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए दूसरी ओर कल्लू की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि मतगणना को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है

ज़िला दंडाधिकारी ललित जैन के अनुसार कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा कर्मियों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे

इस व्यवस्था के कारण चुनाव परिणामों में देरी हो सकती है

चुनाव परिणाम संबंधी जानकारी मीडिया सेंटर के दूरभाष नम्बर शून्य एक सात सात दो आठ शून्य पांच शून्य पांच नौ और दो आठ शून्य पांच शून्य छः शून्य पर ली जा सकती है

इस संबंध में मुख्य सचिव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन सचिव यू पी सिंह के साथ बैठक की यू पी सिंह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पौंग बांध विस्थापितों के मामले निपटाने के लिए गठित की गई उच्च अधिकार समिति के अध्यक्ष हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि विस्थापितों के मुद्दों पर चर्चा के लिए जल्द बैठक की जाएगी

छोटा शिमला में सद्भावना चौक पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्वांजलि दी उन्होंने लोगों को सद्भावना की शपथ भी दिलाई इस अवसर पर देशभक्ति गीत व भजन प्रस्तुत किए गए शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राजीव गांधी को श्रद्वांजलि दी और राष्ट्र के लिए उनके योगदान को याद किया उन्होंने कहा कि देश में सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर की नींव राजीव गांधी ने ही रखी थी और कांग्रेस को संगठित करने में भी उनका अहम् योगदान रहा है ऊना में उपायुक्त कार्यालय के अधिकारियों और कर्मियों को आतंकवाद व हिंसा का डटकर विरोध करने की शपथ दिलाई गई राजीव गांधी की पुण्यतिथि आतंक रोधी दिवस के रूप में भी मनाई जाती है

उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर पार्टी पदाधिकारियों से बैठक की रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता एग्जिट पोल के सर्वेक्षण से हताश हैं और हताशा में बड़े पैमाने पर हुए मतदान को बूथ कैपचरिंग बता रहे हैं उन्होंने कहा कि भविष्य में वे मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों की आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे

घायलों को उपचार के लिए चंबा मैडिकल कॉलेज में दाखिल किया गया है

हालांकि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है इन झुग्गियों में उत्तर प्रदेश और बिहार से काम की तलाश में आए परिवार रहते थे दमकल विभाग के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया मामले की छानबीन की जा रही है और घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है

इसके तहत कुल्लू ज़िला कारागार में आज कैदियों और उनके परिजनों को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत करवाया गया इस दौरान कैदियों के परिजनों को आम जीवन में पेश आने वाली समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा की गई

इसमें शिमला सोलन सिरमौर और किन्नौर ज़िले के युवा भाग ले सकेंगे सेना भर्ती निदेशक तनवीर सिंह मान ने आज शिमला में बताया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह कम्पयूटराईज्ड है और पारदर्शी तरीके से करवाई जाती है

बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश सोनी ने बताया कि परीक्षार्थी संबंधित विद्यालय से ही ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं